सुकमा जिले में चार माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में चार माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

इस चरण में अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड नाइंटीन का टीका लगाया जा रहा है इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं अब तक को विन पर दो करोड़ छियासठ लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रो में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा इधर छत्तीसगढ़ में भी आज से कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अट्ठारह से चवालीस वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाने के महाअभियान की शुरूआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की इस मौके पर उन्होंने भिलाई दुर्ग और रायपुर में टीका लगवाने वालों से भी चर्चा की और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी सलाह दी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है इससे प्रदेश में कोरोना को हराने में जरूर सफलता मिलेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में आज दोपहर लगभग डेढ़ लाख डोज प्राप्त हुई है राजधानी रायपुर में टीकाकरण के लिए तेरह केन्द्र बनाए गए हैं इन केन्द्रों में आज से टीकाकरण शुरू हो गया है कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि टीकाकरण के लिए सभी विकासखंडों को आठ आठ सौ तथा नगर निगमों को तेईस तेईस सौ वैक्सीन प्रदान की गई है

इस वैक्सीन को प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए भेजा गया प्रदेश में टीकाकरण के लिए वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को पचास लाख डोज की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है उधर बस्तर जिले में कल दो मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि को विन पोर्टल पर पंजीयन करने वालों का टीकाकरण अभी प्रारंभ नहीं होगा उन्हें बाद में प्रशासन द्वारा सूचित किया जाएगा वहीं कोंडागांव जिले में भी कल से अंत्योदय कार्डधारियों को टीका लगाया जाएगा इसके लिए छह टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं पहली खेप में जिले को चार हजार वैक्सीन डोज प्राप्त हुई है पहले दिन छह सौ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी मुख्यमंत्री सिहंदेव अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के संबंध में प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सभी नागरिकों से कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय कोरोना की दूसरी लहर जारी है जो पहली लहर की तुलना में ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है उन्होंने विश्वास जताया कि सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मजबूती से इस दूसरी लहर का भी सामना करेंगे और जीतेंगे श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के अट्ठारह से चवालीस वर्ष तक के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाया जाएगा

इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब सात लाख अट्ठाईस हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में लगभग एक लाख अट्ठारह हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ सोलह लोगों की मृत्यु हुई है इस बीच दुर्ग जिले में यातायात पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वालों को सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर के साथ उनके घर पर चालान भेजा जा रहा है राजनांदगांव जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रमों में बीस से अधिक लोगों के शामिल होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है वहीं परीक्षाओं को देखते हुए राजनांदगांव और बेमेतरा जिले में स्टेशनरी फोटोकॉपी और कम्प्यूटर सेंटर को सुबह छह बजे से दोपहर बारह बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है रायपुर जिले में प्रशासन द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और समाज सेवकों की मदद से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को प्रतिदिन दस हजार से अधिक भोजन पैकेट का वितरण किया जा रहा है कंट्रोल रूम के माध्यम से पिछले बीस दिनों के भीतर करीब दो लाख लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं इधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोरोना जांच भी की जा रही है

गांवों में दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से संदेश लिखकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए भी जागरूक किया जा रहा है उधर सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित दर से अधिक दर पर इलाज के मामले में अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल का पंजीयन दस दिनों के लिए निरस्त कर दिया है

इसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार घर पहुंच निःशुल्क ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना मरीजों को घर पहुंच निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की शुरूआत की गई है इस सेवा का विस्तार जल्द ही राज्य के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी होगा इसके अलावा गरीब परिवारों को निःशुल्क सूखा राशन वितरण तथा कोरोना संक्रमित मरीजों को घर से कोविड सेंटर तक लाने और स्वस्थ हो चुके से लोगों को घर तक पहुंचाने की निःशुल्क एंब्लेंस सेवा की भी शुरूआत की गई है वहीं मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दुर्ग और रायपुर संभाग के अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों के ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एएनएम और मितानिनों से गांवों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और उपचार की जानकारी ली उन्होंने गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की गई कोरोना दवा किट के वितरण के बारे में भी पूछताछ की मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों को घर घर जाकर लोगों को यह समझाइश देने की बात कही कि कोरोना का लक्षण दिखते हुए तत्काल दवा लेना जरूरी है ताकि कोरोना को शुरूआत में ही रोका जा सके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एएनएम और मितानिनों ने बताया कि कोरोना लक्षण वाले लोगों को कोरोना किट में उपलब्ध दवाओं का जल्द सेवन शुरू करा देने से लोग तेजी से रिकवर होने लगे हैं कोविड राज्य आपदा कोष केन्द्र सरकार ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए आठ हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ से अधिक रुपये की अग्रिम राशि जारी की है राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का पचास प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना वेंटिलेटर एंबुलेंस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है वहीं कोविड महामारी के बीच केन्द्र सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर आयात करने की अनुमति देकर लोगों को राहत उपलब्ध करायी है लोग अब डाक कूरियर या ई कॉमर्स पोर्टल के जरिये उपहार श्रेणी के तहत ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर का आयात कर सकेंगे यह अनुमति इकतीस जुलाई तक मान्य रहेगी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है स्टेट बैंक केवाईसी भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि वे अब अपने केवाईसी को अद्यतन कराने के लिए उसका विवरण डाक या ई मेल से भेज सकते है इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है बैंक ने टवीट में कहा है कि कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला किया गया है बैंक ने यह भी कहा है कि केवाईसी का नवीनीकरण न कराने पर इस महीने की इकतीस तारीख तक ग्राहकों की आइडेंटिफिकेशन फाइल की आंशिक फ्रीजिंग नहीं की जाएगी भाजपा आरोप नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना टीकाकरण को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही है इसी का परिणाम है कि शुरूआती दौर में टीके की उपलब्धता के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया और वैक्सीन खराब हो गई उन्होंने कहा कि टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों से पिछड़ गया है जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक है वहां सरकार को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देनी चाहिए धान उपार्जन निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में उपार्जित धान का निराकरण बरसात के पहले करने के निर्देश दिए हैं वहीं समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अतिशेष धान की नीलामी के लिए छह मई तक की समय सारिणी जारी की गई है मार्कफेड के महाप्रबंधक विपणन के मुताबिक प्रदेश में चालू खरीफ वर्ष में बयानवे लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन हुआ है नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने के लिए लगभग चौबीस लाख मीटरिक टन चावल और भारतीय खाद्य निगम में जमा करने के लिए चौबीस लाख मीटरिक टन चावल का लक्ष्य प्राप्त हुआ है इससे लगभग इकहत्तर लाख इक्कीस हजार मीटरिक टन धान का निराकरण होगा इसके विरूद्व अब तक लगभग चौव्वन लाख मीटरिक टन धान का निराकरण मिलरों के माध्यम से किया जा चुका है

श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है इसे मई दिवस भी कहते हैं यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने सभी श्रमिकों के सुखमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस श्रमिकों के परिश्रम और समर्पण के सम्मान का दिन है वहीं मजदूर दिवस के अवसर पर राजनांदगांव नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने औजारों की पूजा अर्चना कर लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करने की अपील की साथ ही वैक्सीनेशन केन्द्र पहुंचकर टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया

वर्ष सोलह सौ इक्कीस में पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी छठें सिख गुरु गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे सिद्धांतवादी और निर्भीक योद्धा माने जाने वाले गुरु तेगबहादुर आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे जिनके एक सौ पंद्रह पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेगबहादुर के चार सौवें प्रकाश परब पर शुभकामनाएं दी हैं माओवादी समाचार सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में रवापारा से सुरक्षा बलों ने चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है वहीं दंतेवाड़ा जिले के बोदली कैम्प में चार माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया ये माओवादी नदी पार इलाके में सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इस बीच कांकेर जिले के कोड़ेक्से थाना में पदस्थ एक सहायक आरक्षक पिछले तीन दिनों से लापता है लापता सहायक आरक्षक की खोजबीन की जा रही है मौसम प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व राजस्थान और उसके आसपास से पूर्वी मध्यप्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है इसके अलावा बिहार और उसके आसपास एक चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले एक से पंद्रह मई तक अवकाश पर हैं